प्रदेश में हॉटस्पॉट घोषित क्षेत्रों में पुलिस व स्थानीय प्रशासन द्वारा की जाएगी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति विद्यार्थियों की सुविधा को देखते हुए कर्फ्यू ढील के दौरान सोमवार व वीरवार को खुली रहेंगी स्टेशनरी व किताबों की दुकानें विपरीत परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले कोरोना वॉरियर्स की सेवाओं के लिए आगे आई संस्थाएं व स्थानीय लोग मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए प्रदेश में सामान्य स्थिति को बहाल करने आर्थिक गतिविधियों को प्नर्जीवित करने व कमजोर वर्गों की आर्थिक और खाद्य ज़रूरतों की पूर्ति के लिए चरणबद्व तरीके से कार्य करने की ज़रूरत बताई है वे आज शिमला में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे

इनमें एक रेड चार ऑरेंज और एक ग्रीन जोन होगा जयराम ठाक्र ने कहा कि चिन्हित किए गए हॉटस्पॉट इलाकों को अन्य क्षेत्रों से पूरी तरह अलग कर दिया जाएगा और इन इलाकों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पुलिस व स्थानीय प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के सामान्य जीवन की सुरक्षा के लिए आपातकालीन सेवाएं दे रहे कर्मचारियों व चिकित्सकों की सुरक्षा के दृष्टिगत सभी आवश्यक पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा ताकि इस महामारी से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि में प्रभावित हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को राज्य की आर्थिक क्षमता के आधार पर सहायता देने का प्रावधान रखा जाएगा जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना वायरस का संक्रमण कम होने या कुछ समय के अंतराल पर नए मामले कम आने पर इस योजना को शुरू किया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी जाएगी और आवश्यक वस्तुएं होम डिलीवरी प्रणाली के तहत उपलब्ध करवाई जाएंगी मुख्यमंत्री ने कहा कि हॉटस्पॉट घोषित क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध रहेगा जयराम ठाकर ने खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को ग्रामीण व द्रदराज क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए उन्होंने नागरिक आपूर्ति निगम के डिपो में बफर स्टॉक सुनिश्चित करने को भी कहा मुख्यमंत्री ने कहा कि जमाखोरी और मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए जयराम ठाकुर ने बागवानी विभाग के अधिकारियों को हर गांव या डोर टू डोर किसानों को कीटनाशक व अन्य पौध सुरक्षा सामग्री उपलब्ध करवाने को कहा उन्होंने मध्यमक्खी बक्सों की समयबद्ध आपूर्ति और बागवानों को एंटी हेलनैट सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए

कुल्लू जिला भाजपा द्वारा आयोजित वीडियो कांफ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि आशा वर्कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और फार्मासिस्ट घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य संबंधी ब्यौरा एकत्रित कर रहे हैं गोविंद ठाकुर ने कहा कि जिले में क्वारंटाइन किए गए लोग पूरी तरह स्वस्थ हैं और अभी तक कोई भी कोरोना वायरस संक्रमित मामला सामने नहीं आया है सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने सोलन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उत्तम गुणवत्ता वाले मास्क सहित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित बनाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं सोलन में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि जिले में पश्ओं के लिए तुड़ी व चारे की भी समुचित आपूर्ति समयवद्व की जानी चाहिए सैजल ने कहा कि नालागढ़ उपमंडल के चिन्हित क्षेत्रों सहित परवाणु और जंगेशु व टकसाल पंचायतों में होम डिलीवरी प्रणाली को सुदृढ़ किया जा रहा है

जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के विभिन्न इलाकों में महिला मंडल की सदस्य अपने स्तर पर मास्क बनाकर आसपास के इलाकों में बांट रही हैं

विभाग ने स्वयं सहायता समूहों की मदद से मास्क बनाने का काम युद्ध स्तर पर चलाया हुआ है अब तक विभिन्न विभागों और अन्य संस्थानों को एक लाख से अधिक मास्क दिए जा चुके हैं दुकानें प्रदेश में कर्फ्यू ढील के दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के साथ साथ अब सोमवार और वीरवार को स्टेशनरी व कॉपी किताबों की दुकानें भी खुली रहेंगी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों की पढ़ाई पर असर न पड़े इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की है उन्होंने कहा कि व्हटसऐप व अन्य ऑनलाइन माध्यमों से स्कूली बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई है ऐसे में विद्यार्थियों को बाजार से अपनी जरूरत की किताबें व अन्य सामग्री खरीदने के लिए इन दुकानों को खोलने का फैसला लिया गया है

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज नाहन में बताया कि भाजपा महिला मोर्चा की सदस्यों द्वारा मास्क बनाने का कार्य किया जा रहा है उन्होंने कहा कि ये मास्क जरूरतमंद लोगों को प्राथमिकता के आधार पर बांटे जा रहे हैं बिंदल ने कहा कि महिला मोर्चा की सदस्य डिजिटल माध्यम से मास्क बनाने के बारे में महिलाओं को जानकारी दे रही हैं उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से बचने के लिए मास्क पहनना जरूरी है इसलिए लोगों को घर घर मास्क बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है इस दौरान उन्होंने माता बालासुंदरी आईटीआई और नाहन में चैरिटी आधार पर बनाए जा रहे मास्क सैंटर का दौरा किया कोरोना वॉरियर्स प्रदेश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाए कर्फ्यू के दौरान पुलिस कर्मचारी व डॉक्टर विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं इस दौरान आम लोग भी इन कोरोना वॉरियर्स की सेवाओं के लिए आगे आ रहे हैं मंडी शहर में कर्फ्यू के दौरान तैनात पुलिस जवानों को वीर मंडल संस्था के प्रधान चन्द्रशेखर वैद्य और स्थानीय निवासी बीना मंगला कोराना वॉरियर्स को चाय व स्नैक्स उपलब्ध करा रहे हैं

उपायुक्त हरीकेश मीणा ने कहा कि ऊना जिले से कल दो कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को इस अस्पताल में आईसोलेशन में रखा गया है और यहां मरीजों के उपचार में अपनाए जाने वाले सभी प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जा रहा है हरीकेश मीणा ने कहा कि चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को पीपीई सहित सभी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाए गए है